उन्होंने विपक्ष पर कृषि ऋण माफी के झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने देहरादून में त्रिशक्ति सम्मेलन को संबोधित किया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से आम आदमी के जीवन में बदलाव आया देहरादून में अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने केदारनाथ धाम का कायाकल्प किया है उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के वीर जवानों की वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित हैं मौसम विभाग ने अगले तीन दिन राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने की संभावना जतायी है पर्वतीय क्षेत्रों में हलकी बारिश और बर्फबारी भी संभव है स्लग प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्रीय बजट किसानों और कामगार वर्गों के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह किसानों के ऋण माफ करने के झूठे दावे कर रहा है उन्होंने कहा कि ऋण माफी की राजनीति किसानों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है स्लग अमित शाह दौरा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने देहरादून के परेड ग्राउंड में टिहरी और हरिद्वार के दो लोकसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और पदाधिकारियों के सम्मेलन को संबोधित किया त्रिशक्ति सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से आम आदमी के जीवन में बदलाव आया है गरीब लोगों को पक्के घर मिले निशुल्क गैस कनेक्शन मिले स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान योजना ने लोगों को बड़ी राहत दी है उन्होंने कहा कि बजट में जनता के लिए की गई अच्छी घोषणाओं से विपक्ष निराश हुआ है

ऑल वेदर रोड से केदारनाथ में किसी भी मौसम में आवाजाही सुगम होगी श्री शाह ने कहा जब तक उत्तराखंड के वीर जवान हैं इस देश की सीमाएं सुरक्षित हैं उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आजादी के बाद अब तक का सबसे अधिक तीन लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि आधुनिक हथियार और आधुनिक तकनीक के जरिये सेना और जवान दोनों को सुरक्षित किया जा सके भाजपा नेता ने कहा कि उनकी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन लागू कर सेना के जवानों को सीधा फायदा देने का कार्य किया है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के जरिये एक लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार को रोका है सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और लोकसभा चुनाव प्रभारी थावर चंद गहलोत केंद्रीय राज्यमंत्री अजय टम्टा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य प्रभारी श्याम जाजू राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव शिवप्रकाश राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल दोनों लोकसभा क्षेत्रों से पार्टी के विधायक विभिन्न दर्जाधारी राज्यमंत्री उपस्थित रहे स्लग बजट प्रतिक्रिया उद्योग और व्यापार प्रमुखों ने केन्द्रीय बजट को विकासमूलक बताते हुए इसका स्वागत किया है और कहा है कि इसमें किसानों श्रमिकों और मध्यम वर्ग पर खास तौर पर ध्यान केन्द्रित किया गया है भारतीय उद्योग और वाणिज्य मंडल परिसंघ फिक्की के अध्यक्ष संदीप सोमनी ने कहा है कि देश में छोटे और सीमान्त किसानों को दी गई रियायतें बड़ा सकारात्मक कदम है उन्होंने कहा कि बजट में करों में छूट से कॉरपोरेट क्षेत्र को मदद मिलेगी और उपभोग बढ़ेगा

उन्होंने कहा कि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में सोलर लाइट को और उपयोगी बनाये जाने की जरूरत है आज अल्मोड़ा के आवासीय विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये सोलर लालटेन के लोकार्पण के मौके पर उन्होंने ये बात कही उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास ऊर्जा की बचत में भी कारगर साबित होते हैं उत्तराखण्ड आवासीय विश्वविद्यालय के कुलपति एचएसधामी ने बताया कि सोलर लालटेन में पोलीमर का प्रयोग किया गया है

पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि राज्य में विश्व स्तर के पैरा एथलीट्स को तैयार करने के लिए ये फैसला लिया गया है

इस टोल फ्री नम्बर पर कोई भी व्यक्ति ये जानकारी ले सकता है कि उसका मतदाता सूची में नाम है या नहीं अगर नाम नहीं है तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है इसी कड़ी में बागेश्वर में जिला निर्वाचन अधिकारी रंजना राजगुरु ने कहा कि यह सेवा सुबह नौ बजे से पांच बजे तक लोगों को मिलेगी इसके माध्यम से जो भी मैसेज आएंगे उन्हें कंट्रोल रूम में सुरक्षित रखा जाएगा जिलाधिकारी ने कहा कि इस टोल फ्री नंबर पर कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में अपने नाम की पुष्टि मतदाता पंजीकरण की जानकारी तथा पोलिंग बूथ की जानकारी ले सकता है साथ ही निर्वाचन के संबंध में अपने सुझाव और शिकायत भी दर्ज करा सकता है

उधमसिंहनगर के किसान हरजिंदर सिंह का मानना है कि यह बजट हम किसानों के लिए लाभकारी साबित होगा

वहीं व्यापारी समुदाय भी आम बजट से खुश नजर आया

वहीं गृहणियों ने भी बजट पर संतुष्टि जतायी है उधमसिंहनगर की अलका का कहना है कि सरकार की उज्ज्वला योजना से उन जैसी कई महिलाओं को बड़ी राहत मिली है

राज्य के पर्वतीय हिस्सों में आज भी बर्फबारी हुई हालांकि मैदानी क्षेत्रों में ध्रप खिलने से आज कुछ राहत रही मौसम विभाग ने अगले तीन दिन राज्य के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने की संभावना जतायी है देहरादन मौसम विज्ञान केंद्र के मृताबिक विशेष तौर पर हरिद्वार और उधमसिंहनगर में कोहरा छा सकता है

स्लग ताइक्वांडो सेंसर बागेश्वर में ताइक्वांडो कोर्ट में सेंसर सिस्टम लगाया गया है जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने इसका उद्घाटन किया जिला खेल अधिकारी विनोद वल्दिया का कहना है कि बागेश्वर प्रदेश का ऐसा पहला जिला बन गया है जहां ताइक्वांडो के लिए सेंसर कोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो गई है सेंसर सिस्टम के लगने से ताइक्वांडो खिलाड़ी काफी खुश हैं वहीं जिलाधिकारी का कहना है कि इसके बनने से जिले के ताइक्वांडो खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेंगी इस मौके पर जिलाधिकारी ने बीते दिनों गुजरात में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विशाखा शाह और कांस्य पदक जीतने वाले हेमंत गड़िया प्रशांत कुमार और विवेक शाह को सम्मानित भी किया स्लग टोपी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को राज्य की अधिकृत टोपी का अनावरण किया उन्होंने कहा कि टोपी किसी भी देश राज्य या क्षेत्र के लोगों की पहचान और सभ्यता को दर्शाती है टोपी सम्मान और संस्कार का प्रतीक है मुख्यमंत्री ने बताया कि इस टोपी को उत्तराखण्ड के हथकरघा उद्योग ने रेशम के कपड़े पर ऐंपण कला राज्य पक्षी मोनाल राज्य वृक्ष बुरांश कुमाऊँ रेजीमेंट और गढ़वाल राइफल्स के रंगों से प्रेरणा लेकर तैयार किया है

इस अवसर पर अपने संदेश में नीति आयोग के उपाध्य्क्ष डॉ राजीव कुमार ने विभिन्नत मंत्रालयों को राज्य के साथ मिलकर बीच आई भूमि संरक्षण के लिए कार्य करने पर जोर दिया